इस मौके पर उन्होंने चिंता जताते हए कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमारी प्राचीन संस्कृति और मुल्य पीछे छूट रहे हैं जयराम ठाक्र ने गुणात्मक और मूल्य आधारित शिक्षा देने पर विद्या भारती संस्थानों की सराहना करते हुए समद्ध संस्कृति और रीति रिवाजों के संरक्षण के लिए मिलकर काम करने की जरूरत बताई मुख्यमत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का स्तर बढाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने के लिए दस आवासीय पाठशालाएं खोली जाएंगी इस मौके वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र ने भी अपने विचार व्यक्त किए नीति आयोग नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने आज अटल नवभारत स्पर्धा की शुरुआत की इस स्पर्धा के तहत सफल विचारों के लिए एक करोड रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा और उसे प्रायोजित भी किया जाएगा केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह स्पर्धा विभिन्न नवाचार क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगी स्मृति ईरानी राज्यों के वस्त्र मंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक हुई इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने की बैठक में देश में हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की गई केन्द्र और राज्यों के बीच तालमेल के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय के सचिव अनंत कुमार सिंह ने कहा कि बुनकरों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए अभी बहत कुछ किया जाना बाकी है इसके बाद वस्त्र राज्य मंत्री अजय टमटा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह विशेष बैठक हथकरघा और हस्तशिल्प पर ध्यान देने के लिए बुलाई गई थी तथा इसमें केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल के बारे में जोर दिया गया उन्होंने कहा कि बैठक में ब्नकरों का बीमा अनुदान विपणन और उनके बच्चों के लिए शिक्षा सहित अन्य सुविधाएं देने पर विचार विमर्श किया गया सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि सरकार खेलों के विकास के लिए कृतसंकल्प है और खेल गतिविधियों को बढावा देने के लिए आधारभुत ढांचे को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है कांगडा जिले में शाहपुर के आईटीआई में आयोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पुरुष वर्ग की राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य में उच्च स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी ताकि खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जा सके

आजीविका मिशन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सोलन में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को तीन माह का ब्यूटिशियन और हेयर डैसिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

मिशन की सामुदायिक संगठक अनु वर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाने के अलावा इन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए दो लाख रुपए तक का ऋण भी दिलाया जाएगा योजना के तहत हनर सीख रही महिलाओं ने इस तरह के आयोजन को बेहद लाभदायक बताया है विवेक भाटिया बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया ने अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं का शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं

अभियान शिमला के पुलिस अधीक्षक कानून व व्यवस्था खुशहाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश पुलिस विभाग अपराधियों को पकड़ने के प्रति गंभीर और दृढ़ संकल्प है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि विभाग ने उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है